मोदी विजयवर्गीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा शासकीय कार्य में बाधा और निगमकर्मियों से मारपीट के मामले में नाराजगी जताई है श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में नाम लिये बिना कहा कि पार्टी के सांसद से लेकर पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता तक का दुर्व्यवहार और घमण्ड बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी की मनमानी चलेगी भाजपा के सांसद और प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि गलत व्यवहार से पार्टी की छबि खराब करने वाले किसी भी काम को स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भोपाल इंदौर सिक्स लेन हरित एक्सप्रेस वे एक प्रमुख सड़क के रूप में विकसित किया जायेगा इसके निर्माण से भोपाल इंदौर भोपाल आवागमन में सुविधा के साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री नाथ ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित एक्सप्रेस वे एक आदर्श राजमार्ग बनेगा जिसके दोनों तरफ लॉजिस्टिक पार्क लॉजिस्टिक हब स्मार्ट सिटी और आईटी पार्क विकसित किये जायेंगे

जलशक्ति मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को पूरे देश में समर्थन देने के लिए लोगों से अपील की है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए जल शक्ति अभियान लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए दो चरणों में शुरु किया गया पहला चरण कल से शुरू हो गया है जिसमें सभी राज्य भाग ले रहे हैं और दूसरा चरण एक अक्तूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा किसान संस्था गठन केन्द्र ने किसानों की आय दुगुनी करने के बारे में गठित समिति की सिफारिशें लागू करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए अधिकार प्राप्त संस्था गठित की है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य राज्यों के प्रमुखों को समिति का सदस्य बनाया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसान की आय दुगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट सुधारों किसानों को उपज के बेहतर कीमत दिलाने उनके लिए खाद बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिचाई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई पहल की जा चुकी हैं सहरिया शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासी परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें मुर्गी और बकरी पालन जैसे व्यवसायों से जोड़ा जायेगा इसके लिए बैंको से सहयोग लिया जायेगा स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान कल कलेक्टर अनुग्रहा पी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में मुर्गी पालन हेतु बड़ी संख्या में पोल्ट्री फॉर्म बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं छापामार प्रदेश की विशेष स्थापना पुलिस लोकायुक्त ने आज सीधी में पदस्थ सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री के भोपाल सहित विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया लोकायुक्त पुलिस सूत्रों के अनुसार कार्यपालन यंत्री सुनील व्यास के भोपाल स्थित गुलमोहर कॉलोनी और अरेरा कॉलोनी में दो मकान तथा होशंगाबाद जिले में तेरह एकड़ कृषि भूमि के अलावा नगदी और सोने चॉदी के आभूषण जब्त किए गए हैं

राज्य नोडल अधिकारी डॉ प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि गंभीर कुपोषित चिन्हांकित बच्चों में से दो हजार चार सौ आठ बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर उन्हें पोषण आहार दिया गया

किसान केडिटकार्ड केन्द्र सरकार ने मछआरों और पश्पालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है इससे उन्हें अपने कारोबार के लिए पूंजी हासिल करने में मदद मिलेगी मत्स्यपालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षड़गी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे हितग्राही तीन लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं इस ऋण पर ब्याज में सालाना दो प्रतिशत की छूट मिलेगी समय पर ऋण चुकाने के मामले में वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी वन महोत्सव वन मंत्री उमंग सिंघार ने पंचायतों और शिक्षण संस्थाओं से आग्रह किया है कि प्रदेश को हरा भरा बनाये रखने के लिये वन महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभायें उन्होंने कहा कि पौधरोपण के लिये नजदीकी पौध केन्द्र से पौधे प्राप्त कर सकते हैं

उन्होंने वन महोत्सव के सफल आयोजन के लिये शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए बताया कि वनों और प्रकृति के प्रति जन जागृति के उद्देश्य से यह महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है

वर्तमान सत्र से पद्म पुरस्कारों के नामांकन की प्रक्रिया को गृह विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं

इस व्यवस्था से श्रेणीवार आवेदन सरलता और सतर्कता से किये जा सकेंगे प्रस्तावक रिमार्क कर सकेंगे और मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी जिलों में चिन्हित व्यक्तियों का पदम अवार्ड के लिये नामांकन लॉग इन पासवर्ड का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में विभाग को भेजना होगा

वनमंत्री उमंग सिंगार ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में सभी वन मंडलों के लिए अलग अलग जांच दल गठित कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा है गौरतलब है कि वनमंत्री ने बैतूल वनमंडल के तहत रोपे गये पौधों का मौके पर मुआयना किया था

इसके बाद वनमंत्री ने जांच के निर्देश दिये हैं भाजपा अध्यक्ष प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाने की मंजूरी पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा

स्कूल प्रवेश लॉटरी कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिये कल लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई

आवेदकों को लॉटरी में आवंटित स्कूलों की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है

मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो रही है

भोपाल होशंगाबाद शहडोल जबलपुर रीवा सागर संभागों के अनेक जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई वहीं सतना इंदौर धार सागर रतलाम विदिशा और सीहोर सहित अनेक स्थानों पर बौछारे पड़ीं